राज्य के सभी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए पच्चीस फरवरी से आवेदन जमा होंगे दिव्यांग विद्यार्थियों को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि न्यायपालिका के सामने शीघ न्याय की बड़ी चुनौती है प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से शीघ न्याय देना आसान हो सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सहित पूरी दुनिया के लिए यह बदलाव का दशक है यह बदलाव सामाजिक आर्थिक समेत हर मोर्चे पर होंगे ये बदलाव तर्कसंगत तथा न्यायसंगत होने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय की न्यायपालिका पर प्रागाढ़ आस्था है एक सौ तीन करोड़ भारतीयों ने न्यायपालिका के फैसले को पूरी सजहता के साथ स्वीकारा है उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने पंद्रह सौ से ज्यादा वैसे कानूनों को समाप्त किया है जिसकी अब कोई प्रांसागिकता नहीं है इसके बदले नये कानून भी तेजी से बनाए गए हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश गांधी जी की एक सौ पचासवीं वर्षगांठ मना रहा है गांधी जी को उनके परिवार से ही उच्च संस्कार मिले थे इस सम्मेलन में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े और इंग्लैंड के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रॉबर्ट रीड के अलावा ऑस्ट्रेलिया के चीफ जस्टिस ने भी संबोधित किया सम्मेलन में विश्व भर के कई कानूनविद् हिस्सा ले रहे हैं राज्य के सभी सरकारी और निजी बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में दिव्यांगों को परीक्षा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है पर्षद के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि सभी दिव्यांग विद्यार्थियों को इसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा उन्होंने बताया कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए पच्चीस फरवरी से इकतीस मार्च तक आवेदन किए जा सकेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा ँ करेंगे

इसका आकाशवाणी तथा द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यू टयूब चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद इसका आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण होगा प्रादेशिक भाषाओं में रात आठ बजे इर्स दोबारा सुना जा सकता है राज्य में मार्च महीने के अंत तक चौतीस और अटल क्लिनिक खोले जाएंगे इन क्लिनिकों के संचालन के लिए स्थल चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और चिकित्सकों तथा अन्य स्वास्थ्यकर्भियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक राज्य में छियासठ अटल क्लीनिक खोले जा चुके हैं जिसमें रांची और धनबाद में सबसे ज्यादा बारह बारह पूर्वी सिंहभूम में ग्यारह देवघर में नौ हजारीबाग में पांच बोकारो और पलामू में चार चार गिरिडीह और सरायकेला में तीन तीन पाकुड़ रामगढ़ गढ़वा और पश्चिम सिंहभूम में दो दो और दुमका गोड्डा साहेबगंज खूंटी लोहरदगा गुमला चतेरा लातेहार और जामताड़ा में एक एक अटल क्लिनिक का संचालन हो रहा है झारखंड अधिविध परिषद जैक की ओर से आकांक्षा चालीस प्रवेश परीक्षा एक मार्च को ली जाएगी इस परीक्षा के लिए पूरे राज्य में पचपन केंद्र बनाए गए हैं इस परीक्षा में लगभग पंदह हजार परीक्षार्थी शामिल होंगे परीक्षार्थी पच्चीस फरवरी से जैक की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू जैक डॉट जीओवी डॉट इन से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश परीक्षा के आधार पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी के लिए अस्सी विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक चौबीस फरवरी को होगी इस मौके पर विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा

सीसीएल के मुख्य महाप्रबंधक गोपाल सिंह ने बताया कि अगले एक महीने तक हर सप्ताह सोमवार से गुरुवार तक यह शिविर लगाया जाएगा इस शिविर में अधिग्रहित भूमि को लेकर रैयतों को नौकरी और मुआवजा देने से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी गौरतलब है कि मगध परियोजना के लिए सीसीएल लगभग उनतीस सौ एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर चुकी है

तीन चरणों के हैकेथॉन का समापन सोलह अक्तबर को इंडिया मोबाइल सम्मेलन में होगा इसमें विद्यार्थी शिक्षा जगत के अन्य प्रतिनिधि स्टार्टअप लघू और मध्यम उद्यम तथा भारत में पंजीकृत कम्पनियां भाग ले सकेंगी विभिन्न चरण के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा कृल पुरस्कार राशि ढाई करोड़ रुपये है ग्रमला में सड़क दूर्घटनाओं से होने वाली मौत की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

वेलिंगटन में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में पांच विकेट खोकर दो सौ सोलह रन बना लिये न्यूजीलैंड के लिए कप्तान विलियम्सन ने नवासी रन की पारी खेली वहीं भारत के लिए इशांत शर्मा ने तीन विकेट लिये इससे पहले भारतीय टीम एक सौ पैसठ रन पर सिमट गई इस तरह न्यूजीलैंड ने भारत पर इक्यावन रनों की बढ़त ले ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज शाम ओडिसा में देश के पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ करेंगे कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में ओडिसा के मुख्यमंत्री नंवीन पटनायक और केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू सहित अनेक गणमान्य लोग और खिलाड़ी शामिल होंगे प्रतियोगिता में देशभर से एक सौ उनसठ विश्वविद्यालयों के तीन हजार चार सौ खिलाड़ी सत्रह स्पर्धाओं में शीर्ष सम्मान के लिए भाग लेंगे खेल स्पर्धाओं में तीरंदाजी एथलेटिक्स मुक्केबाजी तलवारबाजी जूडो तैराकी और रग्बी समेत कई अन्य खेल भी शामिल हैं

अनुराग गुप्ता पर दो हजार सोलह मे हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायक निर्मला देवी और उनके पति व पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को धमकी देने का आरोप है

पांच दस और इक्कीस किलोमीटर की श्रेणी में हो रही इस दौड़ के लिए आज शाम पांच बजे तक निबंधन कराया जा सकता है सीबीएसई बारहवीं की परीक्षा आज से शुरू हो चुकी है